अब समाचार विस्तार से बजट सत्र संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है

बजट शुक्रवार को पेश किया जाएगा इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक वुलाई इसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की कमलनाथ मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि यौन हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाने और इन अपराधो पर सख्ती से अंकूश लगाने के लिऐ सरकार शीघ्र ही रणनीति तैयार करेगी श्री नाथ ने कल राष्ट्रीय गरिमा अभियान के बैनर पर गरिमा यात्रा पर निकले दल से मुलाकात करते समय यह जानकारी दी राष्ट्रव्यापी यात्रा पर निकले इस दल का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं और बच्चियों में जागरूकता पैदा करने के साथ न्याय की लड़ाई लड़ना है मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि सभ्य समाज में महिलाओं और बच्चियों के प्रति अत्याचार की घटनायें शर्मनाक हैं उन्होंने कहा कि सरकार के साथ समाज की भागीदारी से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं स्वाइन फ्लू देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भोपाल के गांधी मेडीकल कहलेज में राज्य स्तरीय वायरोलहजी लैब शुरू कर दी गई है

इसके पहले दिल्ली की वायरोलहजी लैब और हाल ही में एम्स भोपाल की लैब में ये परीक्षण करवाये जाते थे चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर श्रुक्ला ने बताया कि यह प्रयोगशाला प्रदेश की क्षेत्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्रयोगशाला है इसके बाद वायरोलहजी लैव प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में भी स्थापित की जाएगी लैब में हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस ई डेगू चिकिन्गुनिया हरपिस सिंग्लेक्स वायरस रूबेला टेक्सोप्लाज्मा रूटावयरस आदि वायरस की पहचान अब राज्य स्तर पर ही हो सकेगी

परीक्षा एमपीअहनलाइन के माध्यम से होगी

स्पर्श अभियान प्रदेश में कल से स्पर्श अभियान शुरू हो गया है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोगों से इस अभियान बढचढ कर भाग लेने की अपील की है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि लोग इस अभियान में सहभागी में बने और अपने प्रदेश को कुष्ठ मुक्त बनाने का संकल्प ले जनसम्पर्क मंत्री पीसीशर्मा ने कल भोपाल में इस अभियान की श्र्रूआत की इस दौरान उन्होंने शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कृष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग भी अन्य बीमारियों की तरह ही है जिसे उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है यह छूआछूत या संक्रमण की बीमारी नहीं है

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन किया गया है संशोधन अनुसार मतदाता सुची में किसी प्रविष्टि का पुनरीक्षण करने या उसमें नाम शामिल करने या हटाने के लिए नियुक्त तथा प्राधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति को अधिनियम के उपबंधों के अधीन सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं करने पर कारावास की सजा दी जा सकेगी पीयूष गोयल रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलमार्गो का शत प्रतिशत विद्युतीकरण करने का काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा कल नई दिल्ली में रेल का भविष्य नाम से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के लोकार्पण समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही उन्होंने कहा कि भारत जलवायु के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अंतर्राष्ट्री य प्रयासों का समर्थन करता है अधिकृत मंत्री जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस से चर्चा के लिए उनके अतिरिक्त संस्कृति एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ गृह मंत्री बाला बच्चन उच्च शिक्षा खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जीतू पटवारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह और वित्त मंत्री तरूण भनोट को अधिकृत किया गया हैं प्रेस से चर्चा के लिए आयुक्त जनसम्पर्क पी नरहरि द्वारा यथा समय मंत्रीगणों को सूचित किया जा सकेगा किकेट भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हेमिल्टंन में खेला जायेगा

इस बीच चौथे और पांचवें एक दिवसीय मैच के साथ ही ट्वेंटी ट्वेंटी सीरीज के लिये भारतीय कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है विराट को विश्राम दिए जाने के बाद रोहित शर्मा को इस दौरे के बाकी मैचों के लिए टीम की कप्तानी सौंपी गयी है मौसम प्रदेशभर में कडाके की ठंड का असर अभी भी बना हुआ है

प्रदेश में सबसे कम तापमान दो डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भोपाल में रात का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ मौसम विभाग ने जबलपुर इंदौर सागर और चंबल संभागों के जिलों में शीतलहर चलने के आसार जताये हैं वही होशंगाबाद इंदौर उज्जैन और ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पाला पड सकता है विभाग के अनुसार आने वाले दो से तीन दिन मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होगा

श्रीमति पटेल एनटीपीसी के सूर्या भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी

इस दौरान उन्होंने यहां पशुओं के लिए बनाया गए शेड का निरीक्षण किया